उन्होंने बताया कि नामांकन प्रस्तुत करने की आखरी तारीख पांच नवम्बर है

प्रदेश में आज से मूंग उड़द तथा सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी

केन्द्र सरकार ने कहा है कि वह निजता के अधिकार सहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है केन्द्र सरकार ने यह भी कहा है कि गोपनीयता भंग करने के जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व्हाट्सएप पर भारतीय नागरिकों की गोपनीयता भंग करने के बारे में मीडिया की कृछ रिपोटॉ पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि ये केन्द्र सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश है और पूरी तरह भ्रामक है

सैन्य बल को मजबूत करने के लिए भारत और फ्रांस की र्सेनाओं के बीच आधुनिक हथियारों से लैस यह युद्धाभ्यास पखवाड़े भर चलेगा इस युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांसीसी सैनिक खासकर रेगिस्तानी क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के अनुभव साझा कर रहे है

बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमृतसर की बटालियन का एक जवान हवलदार शाकिब खान कल शहीद हो गया

आग की वजह से टैंक का चालक हवलदार शाकिब खान बाहर नहीं निकल सका और उनकी मृत्यु हो गई भरतपुर जिले के कम्हेर में कल एक ट्रक और कार की टक्कर में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई

ये शराब गुजरात ले जाई जा रही थी

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद किये है पुलिस इस मामले में आरोपी के तीन साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है म्रष्टाचार निवारण व्यूरो एसीबी ने अजमेर के जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग में सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को कल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया अभियंता पर परिवादी द्वारा किये गये हैण्डपम्प की मरम्मत के कार्य का बिल पारित कराने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है जूम एयरवेज राज्य में सीमावर्ती जैसलमेर से दिल्ली तथा आगरा के लिए नयी विमान सेवा कल से शुरू करने जा रहा है इस विमान सेवा के शुरू होने से सरहदी इलाको में सैलानियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है वहीं मथुरा जाने वाले श्रद्दालुओं को भी सुविघा होगी

अलवर पुलिस लाईन में आज पुलिस प्रोत्साहन परेड का आयोजन किया गया अलवर पुलिस अघीक्षक ैअनिल देशमुख ने जिला स्तर पर अपराधियों की घरपकड के लिए चलाये गए विशेष अभियान के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया